कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आज से नए दिशा निर्देश लागू राज्य के दस शहरों में नाइट कफ्र्यू राज्य में आज से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हर व्यक्ति को भिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदेश के किसान अब स्व घोषणा पत्र के आधार पर समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए करा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

केन्द्र ने राज्यों से कहा है कि वे निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि उनकी टीकाकरण क्षमता की जानकारी प्राप्त हो सके प्रदेश में टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने लोगों से अपील की कि वे बेझिझक टीका लगवाए और टीका लगवाने के बाद भी मास्क जरूर पहनें प्रदेश में जिला मुख्यालयों के साथ ग्राम पंचायत स्तर तक सुगम टीकाकरण के लिए संयुक्त रूप से विभागों को भिलाकर टीमें बनाई गई हैं

तीस अप्रैल तक जारी रहने वाले इन दिशा निर्देशों का मुख्य जोर महामारी की रोकथाम में मिली बड़ी सफलता को और मजबूत करना है

अजमेर भीलवाड़ा जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर सागवाड़ा क्शलगढ़ के साथ साथ अब चित्तौडगढ़ और सिरोही के आबूरोड में भी सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा

प्रदेश में कल एक बार फिर कोरोना संकमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई

तीन जिलों बांसवाड़ा चूरू और दौसा में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं भिला

प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं हर परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये योजना एक मई से लागू होगी

राज्य सरकार ने पटवारियों की हड़ताल को देखते हुए किसानों को ये राहत दी है सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किसानों को गिरदावरी नहीं मिलने की लगातार आ रही खबरों को देखते हुए किसान हित में ये फैसला लिया गया है

सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज दर बदलाव संबंधी आदेशों को वापस ले लिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया ट्वीट कर बताया कि लघु बचतों पर पूर्व के समान ही ब्याज दरें रहेंगी

वहीं एक पारी के सरकारी विद्यालयों में पहली पारी सुबह साढ़े सात से दोपहर एक बजे तक रहेगी